छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्ति योजना के तहत बैंक खातों में राशि पहुंचने तक फीस जमा करने की तारीख बढ़ाने के लिये अपने शिक्षा संस्थानों को सूचित करे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह निर्देश समय पर शुल्क नहीं जमा करने के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देने की शिकायतों देने के बाद जारी किया है संशोधित छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सके संशोधित मानदंडो के अनुसार शुल्क सहित छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डाली जाएगी ताकि वे संस्थान को शुल्क अदा कर सके

उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी और उर्वरकों की उपलब्धता बढाना इसी दिशा में उठाया गया कदम है आज उत्तरप्रदेश के मिर्जापूर में बाणसागर नहर परियोजना का उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सिचाई को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र के किसानों को काफी लाभ होगा श्री मोदी ने भिर्जापूर में मेडीकल कालेज की आधारशिला भी रखी संस्कृत विद्यालय स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह कल भोपाल में शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ करेंगे यह विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान द्वारा शुरू किया जा रहा है यह प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय है इसमें कक्षा छह से बारहवी तक अध्यापन कराया जाएगा प्रत्येक कक्षा के लिये तीस स्थान निर्धारित है पहले चरण में कक्षा छह और नवी में प्रवेश दिया जाएगा कांग्रेस आरोप मध्यप्रदेश कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संबल योजना का शुभारंभ कांग्रेस के कार्यकाल में पहले ही किया जा चुका है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज भोपाल में जारी बयान में कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत असंगठित मजदूरों का पंजीयन कराकर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था इसके लिये राज्य में संचालित निर्माण कार्यों से उसकी लागत का एक प्रतिशत उपकर वसूल कर मंडल में यह राशि जमा करवायी जाती है आज यह राशि बढ़कर अरबों रूपयों तक पहुंच गयी है

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यकम के अंतर्गत सभी वैक्सीन अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों पर निशुल्क उपलब्ध कराये जाचुके है अभियान का कियान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा वहीं खंडवा जिले में मिशन इन्द्रधनुष के तहत दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा रसोई गैस नीति आयोग तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी सब्सिडी को रसोई सब्सिडी में बदलने के एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है इससे खाना पकाने के लिये पाइप के जरिये पहुंचाने वाली प्राकृतिक गैस और जैव ईधन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकेगा आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि खाना पकाने के काम में आने वाले सभी प्रकार के ईधनों के लिये सब्सिडी की व्यवस्था लागू होनी चाहिये इस समय सरकार एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले को ही सब्सिडी देती है

आज इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने अपने तेरह वर्षो से अधिक समय के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में दतिया रतलाम शहडोल विदिशा खंडवा छिदवाडा शिवपुरी में मेडीकल कालेज खोले जा रहे है वहीं सतना छतरपुर और सिवनी में भी नये मेडीकल कालेज खोलने की योजना है इन कालेजों के खूलने से चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी जिससे प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा आसानी से मिल सकेगी श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी में गंदे पानी को विपरीत दिशा में मोडते हुए सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाये जा रहे है इस प्लांट से जो भी पानी निकलेगा उसे खेतों में सिचाई के लिये उपयोग किया जाएगा

इस मौके पर संचालक कौशल विकास संजीव सिंह ने कौशल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया कार्यकम में भारत शासन के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग नरेन्द्र मोदी एप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इन सम्मेलनों में स्वरोजगार ऋण वितरण रोजगार मेले का आयोजन संबल योजना अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र चेक का वितरण तेंद्रपत्ता संग्राहक बोनस और सामग्री वितरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा सौभाग्य योजना शहडोल जिले के आठ गांव में सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचायी जाएगी दूर वनाचंल में बसे इन गांवों में बिजली के तार बिछाना आसान नहीं है इसलिये सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने की योजना तैयार की गयी है पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जंगल से धिरे इन गांवों में सोलर सिस्टम लगाये जाएगे

सबसे अधिक बारह सेन्टीमीटर बारिश कोलारस में दर्ज की गयी शाजापुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल दिन भर हुई बारिश से नदी नाले उफान पर आने से कई ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क ट्रट गया वहीं शहर में तेज बारिश चलते कई निचली बस्तियों में पानी भर गया

इस दौरान झाबुआ अलीराजपुर रतलाम उज्जैन धार छिदवाड़ा सिवनी बालाघाट गुना अशोकनगर होशंगाबाद बैतूल राजगढ़ और रायसेन जिलों में अनेक स्थानों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है राजधानी भोपाल में भी इस दौरान बादल छाए रहेंगे शहर के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है

खंडवा जिले में सायबर कैफे संचालकों को सायबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिये सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये दिये गये इस निर्देश का पालन कैफे संचालकों को करना होगा